आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्हों ने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी

सरकार के प्रयासों का उल्ले ख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मोन निधि अब प्रत्येक किसान को देर्ने का फैसला किया गया है उन्होंने छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन योजना की प्रशंसा की राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण पर जोर देते हुए सरकार ने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है इसके जरिए जल संरक्षण और प्रबंधन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा राष्ट्र पति ने कहा कि सरकार का ध्यापन अब ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर है

राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही दो नवनिर्वाचित सदस्यों बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य और कामाख्याद प्रसाद ने सदस्यता की शपथ ली सभापति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सदन के नेता थावरचंद गहलोत का सदन से परिचय करवाया बाद में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय कराया इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री वी मुरलीधरन ने दस विभिन्न अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी

इसका राष्ट्रीय मुख्य समारोह झारखंड के रांची में होगा

इधर प्रदेश में मुख्य समारोह अजमेर में होगा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज जयुपर में पत्र सूचना कार्यालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो और राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाए दी है श्री सिंह ने कहा कि योग लोगों को जोड़ता है उन्होंने कहा कि यह जीवन को स्वस्थ रखने की कला और विज्ञान है

इस बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने की संभावना है जिससे जीएसटी के भुगतान के दौरान हुई गलतियों के बाद भी व्यापार करने की अनुमति होगी और जीएसटी के देरी से भुगतान की स्थिति में केवल उसके नकद हिस्से पर ही ब्याज लागू होगा केंद्र ने सभी निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी की वापसी समय पर मिलती रहेगी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि कर वापसी के मामले में मैनुअल जांच शुरू करने के कारण इसमें देरी हो रही है

उपनिदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि जिले के सीमाई इलाकों में टिड्डी का प्रकोप पाया गया है इन टिड्डी दलों पर निगरानी रखी जा रही है किसानों को भी सतर्कता बरतने को कहा गया है

डाक मेले में निष्क्रिय पड़े मनरेगा और बचत खातों को सक्रिय कर पोस्ट पेमेंट खाते से लिंक किया गया डाक अधीक्षक ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते डाक मेले में खोले गए साथ ही डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए अब मनरेगा और बचत खाता धारक ऑनलाइन इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे मेले में नागौर उपखंड के ग्रामीण डाक सेवकों ने भाग लिया

भारत की नागरिकता मिलने पर पाक विस्थापितों ने खुशी जाहिर की

पीड़िता का आज जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया गया है बांद में इसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया

पाली में ब्रंदा बांदी हुई और नागौर में बादल छाए रहे इस बीच राज्य के बाकी हिस्सों में गर्मी ने फिर से असर दिखना शुरू कर दिया है

प्रदेश में विभिन्न जिलों में बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है